उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में सभी प्रमुख विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध होंगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल सड़क बिजली सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विभागों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परिसर में कनिष्ठ व वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के लिए आवास व पैरामैडिकल स्टॉफ के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में इस अस्पताल में तैनात अन्य कर्मचारियों को भी आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी महेन्द्र सिंह जलशक्ति व राजस्व मंत्री महेन्द्र सिंह ने राजस्व अधिकारियों को लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य में तेजी लाने को कहा है बिलासपुर में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों से संबंधित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी लोगों के बीच जाएं ताकि उन्हें बार बार तहसीलों के चक्कर न लगाने पड़े उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राजस्व मामलों की प्रक्रिया को सरल करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि लोगों को शीघ्र राजस्व सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें

सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन में लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही नगर निगम का निर्माण किया जाएगा हमारे आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों के बाद ही सरकार अंतिम निर्णय लेगी

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर महंगाई पर अंकृश लगाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि त्यौहारों के दौरान पीडीएस के तहत मिलने वाली दालों के मूल्यों में बढ़ोतरी कर गरीब व आम लोगों पर जोरदार प्रहार किया है उन्होंने दीवाली पर पीडीएस के तहत सौ ग्राम अधिक चीनी देने के सरकार के फैसले को भी हास्यास्पद बताया है राठौर ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किए जा रहे हैं राठौर ने कहा कि सरकार के पास यदि महंगाई व बेरोजगारी को दूर करने की कोई योजना है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए करवा चौथ प्रदेश भर में आज करवाचौथ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सुहागिनों ने अपने पति की लम्बी उम्र की कामना के साथ निर्जला उपवास रखा है और उन्हें अब चांद के दीदार का इंतजार है मान्यता के अनुसार सुहागिनें चांद निकलने पर पूजा अर्चना के बाद जल ग्रहण कर अपना उपवास तोड़ती है ये त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है प्रदेश के बाजारों में आज खूब रौनक रही सोलन में महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और कई प्रतियोगिताएं करवाई गयीं राजधानी शिमला के एतिहासिक रिज मैदान पर भी करवा चौथ पर्व पर काफी चहल पहल है और यहां सैंकड़ों महिलाएं एक साथ चांद निकलने पर पूजा अर्चना के साथ अपना उपवास तोड़ेंगी

इस दौरान पुलिस होमगार्ड व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को आपदा से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक की जानकारी दी गई जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रभारी मुकेश रेपस्वाल ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में रेस्कयू ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से भी जवानों को अगवत करवाया गया

जिला उपायुक्त डीसी राणा ने कहा है कि जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर करेंगे